प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन पर प्रदेशभर में हुए अनेक कार्यक्रम

राज्यपाल श्री मिश्र आज जयपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित दिव्यांगजन तथा वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण वितरणसमरोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि समावेषी समाज के लिए लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं जुटानी होगी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेष में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढाना चाहती है उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा इतना व्यापक होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सो पाये कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए पहले जिला स्तर पर कार्ड बनते थे अब यूनिवर्सल कार्ड बनाये जा रहे हैं और इस पर सभी राज्य काम कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि ये बसपा मूवमेन्ट के साथ विश्वासघात है जो दोबारा तब किया गया है जब बसपा कांग्रेस सरकार को बाहर से बिना शर्त समर्थन दे रही है मायावती ने कहा कि कांग्रेस अपनी कट् विरोधी पार्टी से लड़ने के बजाए हर जगह उन पार्टियों को सदा आघात पहुंचाने का काम करती है जो उन्हें सहयोग देते हैं कांग्रेस इस प्रकार एससी एसटी ओबीसी विरोधी पार्टी है तथा इन वर्गों के आरक्षण के हक के प्रति कभी गंभीर और ईमानदार नहीं रही है मायावती के ट्वीट पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बसपा विधायक अपनी मर्जी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं श्री गहलोत ने कहा कि मायावती को समझना पडेगा कि ये विधायक सरकार के साथ मिलकर अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं

राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके जन्म दिन पर बधाई दी है श्री मिश्र ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र का चंहुमुखी विकास हो रहा है श्री गहलोत और पायलट ने अलग अलग ट्वीट कर श्री मोदी को जन्म दिन की बधाई दी श्रीमती राजे ने भी ट्वीट कर कहा कि श्री मोदी ने अपने नेतृत्व कौशल के चलते विश्व में भारत की एक अलग पहचान कायम की है

श्री मोदी आज गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध पर नमामि देवी नर्मदे महोत्सव में बोल रहे थे सरदार सरोवर बांध की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना से गुजरात के अलावा मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान को भी लाभ मिलेगा

श्री स्वरूप और श्री सिंह ने आज सचिवालय में राज्य के सभी पुलिस महानिरीक्षको और जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो काफ़ेन्स के दौरान यह निर्देश दिए उन्होंने बताया कि बाल और महिला यौन उत्पीडन के मामलों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सरकार के टॉस्क फॉर्स गठित की है उन्होंने कहा कि पॉक्सो अधिनियम के मामलों की जांच निर्धारित दो महीनो की अवधि में पूरी करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए